एनडीआरएफ के साथ ही केंद्र दो हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराएगा

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

सूत्रों ने बताया कि बैठक में कैबिनेट सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव स्वास्थ्य सचिव और नीति आयोग के सदस्य वीकेपॉल सहित सभी उच्च अधिकारी मौजूद थे

आठ लाख लोगों को दूसरा टीका लगाया गया

उपराष्ट्रपति एमवेंकैया नायडू ने लोगों से कई राज्यों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए हर तरह की सावधानी का पालन करने को कहा है उन्होंने लोगों से जल्दी ही कोरोना का टीका लगवाने की भी अपील की आज नई दिल्ली के अखिल भारतीय आय्र्विज्ञान संस्थान एम्स में कोविड के टीके की दूसरी खुराक लगवाने के बाद श्री नायड् ने यह बात कही हरिदवार कंभ में कोविड टीकाकारण महाकृंभ मेले में केंद्र से भेजी गई स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत चिकित्सकों की कमेटी के मंत्रालय को भैजी गई रिपोर्ट के बाद हरिद्वार क्ंभ मेले में जांच व कोविड टीकाकरण का दायरा बढ़ाया जा रहा है विशेषकर फ्रंटलाइन वर्कर्स और आश्रम अखाड़ों के साध् संतों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप भारी संख्या में लोग टीकाकरण के लिए केंद्रों में पहुंच रहे हैं

ऋषि क्ल में पहले से ही टीकाकरण केंद्र चल रहा है इसके अलावा हरिद्वार में विभिन्न बॉर्डर पर आने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग और कोविड जांच रिपोर्ट मांगी जा रही है जो लोग इमरजेंसी जैसे कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यो के लिए हरिद्वार आ रहे हैं

वही अखाड़ों के साधु संत भी अब केंद्रों पर टीकाकरण कराने पहुंच रहे हैं दिगंबर अखाड़े के महंत चंद्रिका दास ने बताया की अखाड़े के सभी साध् संत टीकाकरण करवा रहे हैं साथ ही कोविड गाइडलाइनस के अन्तर्गत मास्क पहनना बराबर हाथ धोना आदि का भी पालन किया जा रहा है

इस बीच देहरादून में हवाई अड्डे पर बाहर से आने वाले विमान यात्रियों की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाने पर ही शहर में प्रवेश की अन्मति दी जा रही है हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिन विमान यात्रियों के पास निगेटिव रिपोर्ट नहीं है उनका नाम पता मोबाइल नम्बर और गंतव्य की जानकारी रिकार्ड कर कोरोना टेस्ट किया जा रहा है इसके लिए हवाई अड्डे पर विशेष इंतजाम किये गए हैं

सीएम ऑन वनाग्नि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए हर सम्भव सहायता का आश्वासन दिया है उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर कैंद्र से एनडीआरएफ की टीमें भी भेजी जाएंगी यह जानकारी म्ख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दी उन्होंने बताया कि वनाग्नि की घटनाओं को लेकर उनकी कैंद्रीय गृह मंत्री से फोन पर वार्ता हुई है वनाग्नि पर काबू पाने के लिए कैंद्र सरकार ने दो हेलीकाप्टर उपलब्ध कराए हैं वनाग्नि सीएम म्ख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वनाग्नि की घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुए वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन प्रशासन प्लिस और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपात बैठक की बैठक मं म्ख्यमंत्री ने कहा कि वनाग्नि पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने दो हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराये हैं इनमें से एक हेलीकॉप्टर गौचर में तैनात रहेगा जो श्रीनगर बांध से पानी लेगा जबकि द्सरा हेलीकाप्टर हल्द्वानी में रहेगा और भीमताल झील से पानी लेगा ये दोनों हेलीकॉप्टर वनाग्नि प्रभावित क्षेत्रों में आग बुझाने के लिए पानी का छिड़काव करेंगे म्ख्यमंत्री ने कहा कि वनाग्नि की घटनाओं की सूचना कंट्रोल रूम को अविलम्ब मिलनी चाहिए और रिस्पॉन्स टाइम कम से कम किया जाना चाहिए उन्होंने इसके लिएवन पंचायतों सहित स्थानीय लोगों का सहयोग लिए जाने के निर्देश दिए उन्होंने वनाम्नि से न्कसान होने पर प्रभावितों को मानकों के अन्रूप शीघ्र म्आवजा दिए जाने के भी निर्देश दिए उन्होंने कहा कि जंगलों में आग लगाने वाले शरारती तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए उन्होंने भविष्य में वनाग्नि की घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए एक दीर्घकालीक प्लान बना कर और उसी के अन्रूप तैयारियां करने के निर्देश दिए उन्होंने तहसील और ब्लॉक स्तर तक कंट्रोल रूम और फायर स्टेशन स्थापित करने के निर्देश भी दिये म्ख्यमंत्री के निर्देश पर वन विभाग के सभी अधिकारियों के अवकाश पर भी रोक लगा दी गई है और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कार्यक्षेत्र में बने रहने को कहा गया है

नैनीताल अल्मोड़ा टिहरी और पौड़ी जिले वनाग्नि से सबसे अधिक प्रभावित है

इससे वन संपदा को काफी न्कसान हो रहा है साथ ही जंगल में मवेशियों के लिए चारा भी नष्ट हो रहा है

आग से उठने वाले ध्एं के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी ब्रा असर पड़ रहा है वनाग्नि से ए लाखों रुपये की कीमती इमारती लड़की जलकर नष्ट हो गई है और जलस्रोतों पर भी संकट गहराने लगा है

उनका कहना है कि जंगल जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए

पेशवाई में आस्था सौहार्द और प्रदेश की संस्कृति के रंग देखने को मिले इस अवसर पर मौजूद योग ग्रु स्वामी रामदेव ने कहा कि पेशवाई के माध्यम से कुंभ की दिव्यता का आभास होता है अखाड़ा उदासीन के श्रीमहंत महेश्वर दास ने बताया कि पेशवाई के दौरान सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा गया